राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में इसी सत्र से नामांकन में सवर्ण आरक्षण का प्रावधान लागू हो जायेगा इधर शिक्षा विभाग ने पटना विश्वविद्यालय को नामांकन में सवर्ण आरक्षण लागू करने से संबंधित पत्र भेजकर इसे तत्काल लागू करने का निर्देश दिया है वहीं दूसरी ओर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर नामांकन में आरक्षण कोटी गलत भरने वालों का दाखिला रद्द करने का आदेश दिया है समिति के अधिकारिक सूत्रों ने कहा कि प्रदेश में इंटर स्कूल और कॉलेजों में आरक्षिण कोटी में नामांकन जाति प्रमाण पत्र की जांच के बाद ही दिया जायेगा निर्देश में कहा गया है कि संस्थानों के प्राचार्य नामांकन से पहले जाति प्रमाण पत्र की जांच करेंगे इसके बाद ही संबंधित कोटी में उस छात्र का नामांकन होगा टॉपर घोटाले में परिवर्तन निदेशालय बिहार बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह और उनकी पत्नी उषा सिन्हा की अवैध संपत्ति जब्त करेगा इस मामले में मूख्य अभिय्क्त बच्चा राय की अवैध संपत्ति पहले ही जब्त हो चूकी है गौरतलब है कि उषा सिन्हा पटना की गंगा देवी महिला कॉलेज की प्राचार्या थी वो विधायक भी रह चुकी हैं सीबीआई ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में चार लोगों को नोटिस भेजा है इन सभी को निर्धारित तारीखों में नई दिल्ली के साकेत स्थित विशेष कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है इस मामले के मूख्य आरोपी ब्रजेश ठाक्र के अखबार के तत्कालीन संपादक कृष्ण मोहन को तीन जुलाई को कोर्ट में हाजिर होना है इनके अलावा श्याम सिंह को ग्यारह जुलाई केपी गुप्ता को चार जुलाई और अंजु को छह जूलाई को कोर्ट में हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराने का आदेश दिया गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिना उसकी अनुमति के अपने पदाधिकारी बदलने वाले गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है मंत्रालय ने कहा कि विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम के तहत पंजीकृत संगठनों का बिना पूर्व अन्मति के अपने अधिकारियों में बदलाव करना कानून का उल्लंघन है गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि कुछ गैर सरकारी संगठनों के ऐसा करने की बात जानकारी में आई है मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों से अपने पदाधिकारी बदलने के बारे में नोटिस जारी करने से एक महीना पहले आवेदन देने को कहा है पंचायती राज विभाग ने छह ग्राम पंचायतों के मुखिया को बर्खास्त कर दिया है बर्खास्त होने वाले मुखिया में सबसे अधिक पांच मुखिया नवादा जिले के हैं इसके अलावा चौदह मूखिया के खिलाफ विभागीय स्तर पर सुनवाई की जा रही है सुत्रों के अनुसार पंचायत विभाग को बाईस मुखियाओं के खिलाफ प्राप्त आरोप के आलोक में जिलाधिकारियों से समुचित साक्ष्य और प्रस्ताव की मांगी गयी है अब तक बयालीस मुखिया को बर्खास्त करने की अनुशंसा की गयी है निगरानी अन्वेषण ब्यूरों ने रिश्वत लेने के आरोप में अवर सचिव अनील कुमार झा को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया हैं अनील झा उद्योग विभाग में पदस्थापित थे इस मामले में वर्ष दो हजार छह में उन्हें गिरफ्तार किया गया था पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष एमबीबीएस में दाखिले के लिये साढ़े चार हजार सीटें बढ़ गयी हैं बिहार में एक सौ पचास सीटें बढ़ी हैं पिछले वर्ष राज्य में एक हजार चार सीटें थी अब इसकी संख्या बढ़कर एक हजार पांच सौ पचास हो गयी है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से मेडिकल कॉलेजों को अकादमिक वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिये सीटों का अनुमति देने का काम प्ररा कर लिया है इस वर्ष प्रे देश में सैंतीस नये मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी दी गयी है इसके साथ ही देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या चार सौ छियानवे से बढ़कर पांच सौ उनतीस हो गयी है केन्द्र सरकार ने दो हजार उन्नीस बीस के आम बजट के लिये नागरिकों से उनके सुझाव और विचार मांगे हैं ताकि बजट तैयार करने की प्रक्रिया को अधिक समावेशी और भागीदारीपूर्ण बनाया जा सके वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन पांच जुलाई को बजट पेश करेंगी आम बजट के बारे में सुझाव सरकार के पोर्टल माई गॉव डॉट इन पर इस महीने की बीस तारीख तक दिये जा सकते हैं नवनिर्वाचित सत्रहवीं लोकसभा का पहला सत्र सत्रह जून से छब्बीस जून तक आयोजित किया जाएगा दो हजार उन्नीस बीस का आर्थिक सर्वेक्षण चार जुलाई को संसद के पटल पर रखा जाएगा जिसके बाद अगले दिन आम बजट पेश किया जाएगा राजधानी पटना सहित प्रदेश के कई इलाकों में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है कई दिनों के बाद पटना का अधिकतम तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है मौसम पूर्वान्मान में यह जताया गया है कि पटना और गया के तापमान में वृद्धि होगी इधर मॉनसून आज लगभग एक हफ्ते की देरी से केरल तट पर पहुंच रहा है इसके बाद ही उन्नीस से बीस जून तक बिहार में मॉनसून प्रवेश करेगा इस बार राज्य में मॉनसून के समान्य से कम वर्षा होने की संभावना है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों द्वारा बोर्ड से सम्बद्ध होने के लिए आवेदन देने की अन्तिम तारीख इकतीस मार्च से बढ़ाकर तीस जून कर दी है बोर्ड ने कहा है कि अब इन विद्यालयों को नियमित श्रेणी के बजाय आत्मनिर्भर निजी विद्यालय की श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन देना होगा निर्वाचन आयोग ने जनता दल यूनाईटेड को अरूणाचल प्रदेश में क्षेत्रियी पार्टी के रूप में मान्यता दी है आयोग के अधिसूचना के अनुसार जदयू के चुनाव चिन्ह तीर को भी मान्यता दी गयी है गौरतलब है कि अरूणाचल में साठ सदस्यीय विधानसभा चुनाव में जदयू को सात सीट पर विजय मिली है रूट रिले इंटरलॉकिंग कार्य को लेकर आज से दानापुर स्टेशन से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द की गयी है जबकि दर्जनों ट्रेनों को उन्नीस जून तक परिवर्तित मार्ग से चलाया जायेगा पूर्व मध्य रेलवे जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि रद्द होने वाली ट्रेनों में आनद बिहार सियालदह एक्सप्रेस कोलकता आनंद बिहार एक्सप्रेस दानापुर सोहिबगंज दानापुर राजगीर वाराणसी सियालदह एक्सप्रेस ट्रेने शामिल हैं वहीं पाटलिपुत्र मुम्बई एक्सप्रेस दानापुर राजगीर एक्सप्रेस और भागलपुर टाटा एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है बिहार कैडर के दो हजार नौ के अधिकारी साकेत कुमार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का निजी सचिव बनाया गया है साकेत कुमार दो हजार अठारह से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं वे मधुबनी जिले के रहने वाले हैं पटना जिले में पैक्स का चुनाव अक्टूबर महीने में होगा जिलाधिकारी कुमार रवि ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को पैक्स की गोदामों का भौतिक सत्यापन करने का आदेश दिया है पैक्स का चुनाव दो सौ पंचानवे सीटों को लिये होगा मुजफ्फरपुर सहित आसपास के जिलों में चमकी बुखार का कहर लगातार जारी है इस महीने में अब तक चमकी ब्रखार से बीस बच्चों की मौत हो चूकी है गया जिले के अलीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मखदुमपुर में एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक स्टेनगन समेत चार हथियार बरामद किया गया आईसीसी विश्व कप क्रिकेट में आज बांग्लादेश का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा कार्डिफ में खेले जाने वाले यह मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद तीन बजे से शुरू होगा एक अन्य मुकाबले में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम आमने सामने होंगी यह मैच टॉन्टन में शाम छह बजे से खेला जाएगा अफगानिस्तान अपने दोनों पहले मैच हार चुका है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान का शीर्षक है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधि व्यवस्था की समीक्षा बैठक में दिय कई निर्देश आईजी डीआईजी फील्ड में करें कैंप दैनिक जागरण ने लिखा है फील्ड से हटाये जायेंगे सुस्त पुलिस अफसर बीस की हो चुकी है पहचान दैनिक भास्कर की सुर्खी है पढ़ाने के अलावा सारे काम कर रहे शिक्षक सरकारी स्कूलों में सांसे गिन रही शिक्षा प्रभात खबर ने रूट रिले इंटरलॉकिंग कार्य की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है दानापुर स्टेशन से होकर गुजरने वाली कई ट्रेने आज से रद्द दर्जनों के मार्ग बदले आज अखबार लिखता है केरल में अगले चौबीस घंटों में दस्तक देगा मॉनसून